पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार आठवें दिन कमी

संशोधित विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया और पटना में डेंगू से अब तक पांच लोगों की मौत

केन्द्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस देने की तैयारी कर रही है पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है केन्द्र सरकार ने चार महीने पहले भी इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए लाभर्थियों की कुछ अन्य श्रेणियों को शामिल किया था अभी योजना के तहत एससी एसटी वनवासी अतिपिछड़ा वर्ग और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार आठवें दिन कमी आयी है पिछले आठ दिनों के दौरान पेट्रोल एक रूपये तिहत्तर पैसे और डीजल नवासी पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है डीजल की कीमत में सत्रह अक्टूबर से जबकि पेट्रोल की कीमत में अठारह अक्टूबर से लगातार कमी हो रही है पटना में पेट्रोल का दाम आज चौरासी रूपये सतहत्तर पैसे और डीजल का सतहत्तर रूपये अट्ठासी पैसे प्रति लीटर है प्रदेश में अब दहेज मांगने पर दो साल और लेने पर पांच वर्ष जेल की सजा होगी इस संबंध में विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन विधेयक को राज्यपाल की सहमति के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है राज्य सरकार के वर्तमान कानून के तहत दहेज लिये जाने के मामला साबित होने पर अधितकतम छह महीने की सजा का प्रावधान है वहीं केन्द्र सरकार के कानून के अनुसार ऐसे मामले में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है नये विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद केन्द्र और राज्य सरकार के कानून में सामनता आ जायेगी प्रदेश के हर घर में बिजली पहुंच गयी है केन्द्र सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है राज्य सरकार ने यह लक्ष्य तय सीमा से दो महीने पहले पूरा कर लिया है केन्द्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने में बिहार का प्रदर्शन देश में सबसे बेहतर है इस समय राज्य के कुल एक करोड़ उनतालीस लाख तिरसठ हजार नौ सौ नौ घरों में बिजली कनेक्शन है प्रदेश में बिजली की प्रतिदिन औसत खपत पैंतालीस सौ मेगावाट से अधिक है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार ने मछलीपालन को बढ़ावा देने के लिए सात हजार पांच सौ बाईस करोड रूपये के कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी है श्री सिंह ने बताया कि इस राशि से बुनियादी ढांचे का विकास किया जायेगा उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार बाईस तेईस तक देश में मछली का वार्षिक उत्पादन बढ़ाकर दो लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इससे लगभग साढ़े नौ लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे पटना एम्स में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज शुरू हो गया है संस्थान में इसके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर योगेश कुमार इस योजना के नोडल अधिकारी बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एम्स में एक सौ पचपन मरीजों के कार्ड बनाये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पन्द्रह नवम्बर को एकदिवसीय दौरे पर पटना आयेंगे श्री कोविंद एनआईटी पटना में होने वाले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे

पटना से चंडीगढ़ भुवनेश्वर और अहमदाबाद के लिए इस महीने के अंत तक विमान सेवा शुरू हो जायेगी अटठाईस अक्टूबर से एक निजी विमान कंपनी चंडीगढ़ से पटना होते हुए भुवनेश्वर तक के लिए विमान सेवा शुरू करेगी जबकि उनतीस अक्टूबर को पटना से अहमदाबाद के लिए एक निजी कंपनी की फ्लाइट शुरू होगी बिहार विधान सभा के शीतकालीन सत्र से विधायक ऑनलाईन सवाल पूछ सकेंगे इसका जबाव भी उन्हें ऑनलाईन मिलेगा विधान सभा सचिव बटेश्वर पांडेय ने बताया कि देश में हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य होगा जहां ऐसी व्यवस्था हो रही है विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए अलग से वेबसाइट तैयार की है राज्य सरकार ने शराब तस्करी करने वाले चार पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है इनमें गोपालगंज और कैमूर के दो दो पुलिसकर्मी शामिल हैं बर्खास्त पुलिसकर्मियों में थाना परिसर में शराब बेचते हुए गिरफ्तार किये गये गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण महतो और एक एएसआई भी शामिल हैं

उन्होंने बताया कि अब आर्थिक अपराध इकाई बर्खास्त पुलिसकर्मियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगा पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि थानों में दर्ज होने वाली प्राथमिकियों को वेबसाइट पर आपलोड किया जा रहा है या नहीं

राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ के उत्पादन बिक्री परिवहन और भंडारण पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है राज्य में पहले से ही तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के बनने बिक्री परिवहन और भंडारण पर रोक लगी हुई है राजधानी पटना में पिछले ग्यारह दिनों के दौरान डेंगू से पांच लोगों की मौत हो चुकी है कल कंकडबाग स्थित एक निजी अस्पताल में डेंगू से एक पांच वर्षीय बच्ची की मौत हो गयी इधर डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार व्रद्धि हो रही है पीएमसीएच में कल छब्बीस नये मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है इसमें पटना के अठारह सीवान के पांच और पूर्वी चंपारण तथा गया के एक एक मरीज शामिल हैं वहीं नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चार मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने शिविर लगाकर मरीजों की जांच कराने का फैसला किया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि पीएमसीएच एनएमसीएच और आरएमआरआईएमएस में शिविर लगाकर मरीजों की निःशुल्क जांच की जायेगी उन्होंने सभी सरकारी और निजी ब्लड बैंकों को चौबीसों घंटे खुले रखने का आदेश दिया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सीतामढ़ी जिले में दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसा के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है आयोग ने सरकार से तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है

इधर एनआईए ने इस मामले के एक केस की जांच शुरू कर दी है राजभवन सचिवालय ने तीन विश्वविद्यालयों के छह वित्त पदाधिकारियों और वित्तीय सलाहकारों को कुलाधिपति के निर्देश की अवहेलना के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजा है इनमें तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर मगध विश्वविद्यालय बोधगया और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के पदाधिकारी शामिल हैं कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर अनुवादक और प्राध्यापक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं आवेदन की अंतिम तारीख उन्नीस नवम्बर है अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट एसएससी डॉट एनआईसी डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं वहीं केनरा बैंक ने पीओ के आठ सौ पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है इसके लिए तेरह नवम्बर तक पंजीकरण करवाया जा सकता है सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रक से अवैध रूप से वसूली करते हुए रंगेहाथ पकडे गए गृहरक्षा वाहिनी के एक जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है छठी फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप के महिला वर्ग में बिहार की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर गयी है सेमीफाइनल में बिहार का मुकाबला कर्नाटक से होगा और अब पटना से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी खबर को सुर्खी दी है चन्द्रशेखर वर्मा को खोजने में देरी क्यों दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है बिहार से बाहर की जेल में भेजा जा सकता है आरोपित ब्रजेश दैनिक भास्कर लिखता है तय समय से सड़सठ दिन पहले बिहार के हर घर में पहुंची बिजली ऐसा करने वाला आठवां प्रदेश प्रभात खबर ने सीबीआई रिश्वत प्रकरण से जुड़ी खबर को सुर्खी दी है पद पर बने रहेंगे वर्मा व अस्थाना पर जांच तक नहीं आयेंगे ऑफिस राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है ज्ञान संस्कृति और दर्शन का केन्द्र बनेगा राजगीर आज ने एयरसेल मैक्सिस मनी लाउंड्रिंग केस से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है ईडी के चार्जशीट में आया चिदम्बरम का नाम

पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार आठवें दिन कमी

संशोधित विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया और पटना में डेंगू से अब तक पांच लोगों की मौत